रेल मंत्रालय ने कल से देश में पहली किसान विशेष पार्सल ट्रेन चलाने की घोषणा की है इस सप्ताहिक ट्रेन के शुरू होने से महाराष्ट्र और बिहार के किसान अपने उत्पादों को सीधा उपभोक्ताओं तक आसानी से पहंचा सकेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल की शुरुआत में अपने बजट भाषण में किसान विशेष ट्रेन शुरू की घोषणा की थी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हरी झंडी दिखा कर इस ट्रेन का शुभारम करेंगे पहली रेल देवलाली नासिक से दानापुर पटना तक चलेगी

उन्होंने मौद्रिक समिति की तीन दिवसीय बैठक के समापन सत्र को में कहा कि विकास को बनाए रखने और कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेर बदल जारी रखेगा उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टेंडिंग फेसेलिटी दर और बैंक दर चार दशमलव दो पांच प्रतिशत पर बनी रहेगी उन्होंने यह भी बताया कि रिवर्स रेपो दर भी तीन दशमलव तीन पांच प्रतिशत पर बनी रहेगी रिजर्व बैंक ने आज प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत कर्ज का दायरा बढाते हए इसमें स्टार्टअप को भी शामिल कर लिया है साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कर्ज सीमा बढाई गयी है केन्द्रीय बैंक ने प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर तबकों के लिए भी कर्ज सीमा बढ़ाने की घोषणा की है

आर्थिक विशेषज्ञों ने रिजर्व बैंक द्वारा आज किये गये आर्थिक उपायों की सराहना की है बीकानेर के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधीश शर्मा ने कहा कि इन उपायों से कोरोना से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी

प्रत्येक राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश को वहां पर कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार आर्थिक सहायता दी गई है आर्थिक सहायता की पहली किस्त के रूप में इस वर्ष अप्रैल में समी राज्यों और केन्द्रशॉसित प्रदेशों के लिए तीन हजार करोड़ रूपये जारी किये थे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को यह सहायता एक समेकित नीति के तहत दी जा रही है

विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशकों की बैठक में डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोरोना के प्रबंधन में तत्परता के कारण रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले काफी अच्छी है

मृत्यु दर भी कम होकर दो दशमलव शून्य सात प्रतिशत रह गई है

लगभग छह लाख लोगों का देश भर में उपचार चल रहा है

केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने आज जैसलमेर के लखा गांव में जनसुनवाई की ग्रामीणों द्वारा बिजली पानी की समस्या के बारे में अवगत कराने पर केन्द्रीय मंत्री ने तुरंत सम्बन्धित अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिये

इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीमती स्वराज जिंदादिल व्यक्तित्व की धनी थीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कई वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्रियों ने भी श्रीमती स्वराज को श्रद्दांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तत विचार विमर्श किया जाएगा केन्द्रीय शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे देश के जाने माने शिक्षाविद और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे इस बीच विश्वविद्याल अनुदान आयोग यजीसी ने देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को नयी शिक्षा नीति के बारे में शिक्षकों छात्रों अधिकारियों और उच्च श्क्षा प्रणाली के अन्य पक्षकारों के बीच जागरुकता बांसवाड़ा में आज स्तनपान सप्ताह के तहत कार्यक्रम आयोजित कर माँ के दूध का महत्व बताया गया इसी के साथ बच्चों को बीमारियों से बचाव के लिए टीके भी लगाये गये बुंदी में ए एन एम और आशा सहयोगिनीयों ने स्वास्थ्य केन्द्रों और आंगन बाडी केंद्रों में मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिग के साथ गर्भवती महिलाओं को टीके लगाये साथ ही बच्चों और गर्भवती महिलाओं की जांच की गई करौली में शिश्रओं के टीकाकरण और पोषण सेवाओं पर सत्र आयोजित किये गये और गर्भवती महिलाओं को स्तनपान के लिए प्रेरित किया गया

महिलाओं की सुरक्षा एनडीए सरकार की नीति उसकी शासन संबंधी प्राथमिकताओं और कार्य सुची का अभिन्न अंग है पिछले छह वर्षो में सरकार ने महिलाओं के सम्मान और उनका कल्याण सुनिश्चित करने की कई अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणाए की है इसी के तहत बेटी बचाओ बेटी पढाओ जैसे अभियानों से बालिकाओं का जीवन बचाने उन्हें पढाई का मौका देकर अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद मिल रही है इस अभियान में झुंझुनूं जिले ने जो नवाचार किए उसके कारण लगातार तीन सालों तक झुंझुनू को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया

इसके अलावा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ बारां में कई जगह भारी बारिश हुई है उदयपुर बूंदी झालावाड़ टोंक में दोपहर में बारिश हुई जयपुर में भी शाम को तेज हवाओं के साथ पानी बरसा मौसम विभाग ने बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर नागौर बीकानेर और चुरु जिलों में तेज आंधी तुफान के साथ बारिश की संभावना जताई है